धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा उपचुनाव में तीन दिन शेष राजनीतिक दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत मिशन अंत्योदय के तहत हिमाचल को गरीबी मुक्त बनाएगी सरकार एक वर्ष में एक लाख परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य

हैल्पलाईन मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन के तहत लोगों की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज हैल्पलाईन सेवा पर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस हैल्पलाईन को प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए मुख्य सचिव ने कहा कि यदि विभागों में शिकायतें लम्बित पायी गई तो उन पर कार्रवाई होगी उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर शिकायतों को कम करने के लिए नीतियों में सुधार व संशोधन किए जा सकते हैं

ऐसे में दोनों ही क्षेत्रों में चुनाव प्रचार चरम पर है और भाजपा व कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रचार मे पूरी ताकत झोंक दी है खुलेआम चुनाव प्रचार में अब मात्र दो दिन शेष बचे हैं पच्छाद क्षेत्र के सराहां इलाके में सांसद सुरेश कश्यप ने पार्टी प्रत्याशी रीना कश्यप के पक्ष में च्नाव प्रचार किया जबकि सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने राजगढ़ इलाके के गई इलाकों में घर घर जाकर वोट मांगे इस बीच कांग्रेस पार्टी ने आज राजगढ़ में एक आक्रोश रैली निकाली जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कृलदीप राठौर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाक्र धनीराम शांडिल विधायक विक्रमादित्य सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया कांग्रेस पार्टी ने आक्रोश रैली के माध्यम से चुनाव आचार संहिता की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर विरोध जताया कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया कि भाजपा आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है उधर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी धुंआधार प्रचार कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने का प्रयास कर रहे हैं पंचायती राज पंचायती राज व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि मिशन अंत्योदय के तहत हिमाचल को गरीबी से मुक्त किया जाएगा और इसके लिए गरीबों को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं प्रैस क्लब शिमला में आज प्रैस से मिलिए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहले साल सरकार ने एक लाख परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है और किसानों को अच्छी नस्ल की गाय व भैंसे उपलब्ध करवाई जाएंगी

उन्होंने कहा कि इसके अलावा मछली पालन को मनरेगा के साथ जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे और गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए उन्नत नस्ल की भेड़ बकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी उड़ान मेला किसानों और स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर नाबार्ड द्वारा उड़ान मेले का आयोजन किया गया है ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज इस पांच दिवसीय मेले का शुभारम्भ किया मेले में पहाड़ी मसाले दालें और ग्रामीण महिलाओं द्वारा हाथ से तैयार किए गए हैंडलूम उत्पाद प्रदर्शनी व बिक्री के लिए रखे गए हैं वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं व किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य सरकार स्थान सुनिश्चित करेगी और पर्यटन स्थलों व बस अड्डों में जल्द ही हिमाचल उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे

सुहागिनों ने अपने पति की लम्बी उम्र की कामना के साथ निर्जला उपवास रखा है और उन्हें अब चांद के दीदार का इंतजार है मान्यता के अनुसार सुहागिनें चांद निकलने पर पूजा अर्चना के बाद जल ग्रहण कर अपना उपवास तोड़ती है ये त्यौहार पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है प्रदेश के बाजारों में आज खूब रौनक रही सोलन में महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए और कई प्रतियोगिताएं करवाई गयीं राजधानी शिमला के एतिहासिक रिज मैदान पर भी करवा चौथ पर्व पर काफी चहल पहल है और यहां सैंकड़ों महिलाएं एक साथ चांद निकलने पर पूजा अर्चना के साथ अपना उपवास तोड़ेंगी मुख्य सचिव मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने लाहौल स्पिति कुल्लू और किन्नौर जिले के उपायुक्तों को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित समस्याओं के जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं आज शिमला से इन तीनों जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उन्होंने कहा कि इन जिलों में बड़े हाइड्रो प्रौजेक्ट लगाए जाने प्रस्तावित हैं और विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने में आ रही समस्याओं को स्थानीय स्तर पर हल करने के प्रयास किए जाने चाहिए मुख्य सचिव ने कहा कि लाहौल स्पिति के जिस्पा डैम परियोजना को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है

कार्यालय के लेखा अधिकारी हरीश जुल्का ने बताया कि इस दौरान राज्य सरकार के पैंशनरों की पैंशन सामान्य भविष्य निधि और ऋण संबंधी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा उन्होंने पैंशनरों से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पैंशन अदालत में भाग लेने का आग्रह किया है

हालांकि सड़क पर बर्फ पिघल चुकी है और बसों के अलावा अन्य वाहनों की आवाजाही जारी है बसें न चलने से लोग टैक्सीयों में भारी भरकम किराया देकर सफर करने पर मजबूर हैं लोगों ने सरकार से कल्लू काजा मार्ग पर राज्य परिवहन निगम की बस सेवा जल्द बहाल करने की मांग की है

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया

फाईनल मुकाबले में नालागढ़ कॉलेज ने बिलासपुर कॉलेज को हराकर खिताब अपने नाम किया

मौसम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों की उंची चोटियों पर आज शाम हल्का हिमपात हुआ कुल्लू जिले के अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि का भी समाचार है मनाली के आसपास की उंची चोटियों पर शाम के समय हल्की बर्फबारी हई इसके अलावा राज्य के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के क्छ भागों में हल्की वर्षा भी हुई इस वर्षा व बर्फबारी से प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की सम्भावना जताई है जबकि मध्यम क्षेत्रों के कुछ भागों में गरज के साथ वर्षा और अधिक उंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है मतदात्ता सत्यापन राज्य चुनाव विभाग ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को एक महीना और बढ़ा दिया है